छह लोग अब भी लापता हैं जबकि आठ लोग घायल हैं

फिलहाल स्पेशल पैकेज की जरूरत नहीं है

किसानों के नुकसान की भरपाई की जाएगी उन्होंने कहा कि सभी स्कूल कॉलेज और अस्पतालों का निर्माण सरकार कराएगी क्षेत्र में बिजली पानी और अन्य मूलभूत व्यवस्थाएं तत्काल उपलब्ध करवाई जा रही हैं

मुख्यमंत्री ने आपदा पीड़ितों से मिलकर उन्हें ढांढस बंधाया और हरसंभव मदद का भरोसा भी दिया उन्होंने कहा कि प्रत्येक मृतक के परिजनों को चार चार लाख रूपये का मुआवजा दिया जाएगा घायलों के ईलाज का खर्च भी सरकार उठाएगी मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को बेघर हुए लोगों के लिए ग्राम समाज की भूमि का चयन करने के भी निर्देश दिए उन्होंने प्रभावित काश्तकारों की सेब की फसल कृषि भूमि और भवनों की क्षति के आंकलन की रिर्पोट तैयार करने के निर्देश भी दिए श्री रावत ने कहा कि ग्रामीणों की पशुहानि का मुआवजा भी आपदा मानकों के अनुरूप शीघ्र दिया जाएगा उन्होंने भरोसा दिया कि इस दुख की घड़ी में सरकार लोगों के साथ खड़ी है मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा के कारण जानमाल का काफी नुकसान हुआ है सड़क बिजली पानी और सिंचाई आदि सुविधाएं भी प्रभावित हुई है उन्होंने कहा कि यातायात को जल्द से सुचारू करना सरकार की प्राथमिकता है निरीक्षण के दौरान नैनीताल सांसद अजय भट्ट और टिहरी सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह ने भी स्थिति का जायजा लिया स्लग अमित शाह और सीएम केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आपदा से जूझ रहे उत्तराखंड को हर आवश्यक सहयोग देने का भरोसा दिलाया है कल नई दिल्ली में मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने केंद्रीय गृह मंत्री से मुलाकात कर उन्हें प्रदेश में अतिवृष्टि से हुई जन धन हानि की जानकारी दी

मुख्यमंत्री ने आपदाग्रस्त स्थानों पर संचालित बचाव और राहत कार्यों के बारे में भी जानकारी दी स्लग मुख्य सचिव मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने उत्तरकाशी के मोरी में अतिवृष्टि से हुए जान माल के नुकसान के संबंध में बैठक ली उन्होंने सभी विभागों को योजनाबद्ध ढंग से और आपसी तालमेल के साथ राहत कार्य करने के निर्देश दिए मुख्य सचिव ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से कहा कि समय बर्बाद किये बगैर निर्माण कार्य के लिए जहां तक मुमकिन हो सके सामान पहुंचाया जाए ताकि पुलों या ट्रॉली की व्यवस्था होते ही आगे के राहत कार्य में अधिक समय न लगे उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों में रेस्क्यू टीम नहीं पहुंच पाई है वहां हेली ड्रॉप के माध्यम से खाद्य पेयजल चिकित्सा आदि की व्यवस्था की जाए

हरिद्वार में गंगा का जलस्तर खतरे के निशान के काफी करीब पहुंच गया है इस कारण हरिद्वार सहित अन्य ग्रामीण इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है हरिद्वार सिंचाई विभाग के एसडीओ विक्रांत कुमार ने बताया कि भारी बारिश के चलते गंगा का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है गंगा से सटे ग्रामीण इलाको में रहने वाले लोगो को सुरक्षित स्थान पर पहंचाया गया है बढ़ते जलस्तर के चलते हरकी पैड़ी सहित अन्य घाटों का जल स्तर कम कर दिया गया था उन्होंने बताया कि स्नान घाटों पर धीरे धीरे जल को छोड़ा जाएगा जिससे श्रद्वालुओं को स्नान करने में परेशानी न हो स्लग राज्यपाल राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने कहा है कि बच्चों में विभिन्न कौशल और कलाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिये विशेषकर दिव्यांग बच्चों को अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं का विस्तार करते हुए अपनी कल्पनाओं को साकार रूप देने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए

इस मौके पर राज्यपाल ने कहा कि दिव्यांग बच्चों को विशेष स्नेह सहयोग और प्रशंसा की आवश्यकता है

उन्होंने कहा कि सामान्य बच्चों को भी प्रतिभाशाली दिव्यांग बच्चों से प्रेरणा लेनी चाहिये राज्यपाल ने कहा कि बच्चों में शिक्षा के अलावा अन्य कलाओं और शिल्पों के प्रति रूचि होना भी जरूरी है उन्होंने कहा कि बच्चों को प्रोत्साहित करने का कार्य शिक्षकों और अभिभावकों दोनों को मिलजुल कर करना चाहिये उन्होंने बच्चों को पर्यावरण संरक्षण और वृक्षारोपण में भी रूचि लेने को कहा

मुख्य उद्यान अधिकारी ने बताया कि निर्धारित शर्तो के अनुसार यह योजना उद्यान कार्डधारक उद्यानपतियों के लिए है ठेकेदार और बिचौलिओं को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा कृषकों से उर्पाजित फलों के सापेक्ष उन्हें चेक के माध्यम से भुगतान किया जायेगा

तड़के चार बजे रोवर प्रज्ञान लैंडर से अलग होकर चन्द्रमा की सतह को स्पर्श करेगा

सप्ताहभर चलने वाले कार्यक्रमों के तहत देहरादून में महिला कांग्रेस ने स्कूली बच्चों के लिए खेल प्रतियोगिता और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया उधर नैनीताल में भी स्वर्गीय राजीव गांधी जन्म दिवस को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया गया

गृहमंत्रालय ने कल जारी आदेश में इन कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु को लेकर व्याप्त खामियां दूर कर दीं